महात्मा गांधी का मानना था कि मानव जाति की सेवा सर्वशक्तिमान ईश्वर की सेवा है

जो सेवा करना चाहते हैं वो करें क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र पड़ा है

अभी हां आज तो सेवा का क्षेत्र इतना बड़ा है कि जितने मिल जाएं उन सबको करना ही है

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने यहां कहा कि इन ऐतिहासिक श्रम सुधारों से संबंधित संहिताओं का उद्देश्य श्रम कल्याण के दायरे का विस्तार करना है

सेवा सम्मान कार्यक्रम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क एक तरह की वैक्सीन है उन्होंने सभी से अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करने की अपील की क्योंकि यह बचाव का बहुत बड़ा अस्त्र है श्री चौहान आज भोपाल में आयोजित चिकित्सा क्षेत्र के कोरोना योद्वाओं के सेवा सम्मान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे इस दौरान श्री चौहान ने प्रदेश की आठ करोड़ जनता की ओर से सभी डॉक्टर्स तथा पैरामेडिकल स्टाफ का अभिनंदन कर आभार माना

इसी क्रम में सागर स्थित बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डॉ मनीष जैन से कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के प्रयासों पर चर्चा कर उनक प्रयासों की सराहना की इस दौरान इंदौर की डॉक्टर अंशुल मिश्रा ने मुख्यमंत्री से संवाद करते हुए कहा कि कोरोना नियंत्रण में सभी विभागों का सहयोग मिला कार्यक्रम को चिकित्सा मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी और चिकिस्ता शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी संबोधित किया

इसमें वर्चुअल रूप से केंद्रीय राज्यमंत्री जनरल व्हीके सिंह भी शामिल हुये इस अवसर पर श्री तोमर ने केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करते हुये मुरैना वासियों को बधाई दी

गौरतलब है कि कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग मरीज या फिर कई मरीजों के पास मोबाईल नहीं होने के कारण उनका परिजनों से संपर्क टूट जाता था ऐसे में परिजनों को परेशानी होती थी नई सुविधा के शुरू होने से जहां संक्रमित मरीजों को अपने परिजनों से बात कर संबल मिल रहा है

धार्मिक स्थल विकास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के पवित्र धार्मिक स्थलों का समुचित विकास होगा इसी तरह प्रमुख मेलों के बेहतर आयोजन होंगे इस दिशा में तीर्थ स्थान और मेला प्राधिकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा श्री चौहान ने यह बात मध्यप्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष माखन सिंह चौहान के पदभार ग्रहण करने के अवसर पर कही मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आशा व्यक्त की कि श्री सिंह तीर्थो में होने वाले आयोजनों को भव्य स्वरूप प्रदान देंगे

इसके लिए शासन द्वारा एक अत्यीधुनिक टीबी डायग्रोस्टिक वेन भेजी गई है हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह वेन जिले के हर गांव में जाकर टीबी के संभावित मरीजों की जांच करेगी

पीआईबी वेबिनार पीआईबी भोपाल ने आज एक वेबिनार का आयोजन किया जिसका विषय गांधी दर्शन और सामाजिक तथा आर्थिक मूल्यों की कसौटी था इसमें प्रसार भारती भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष जगदीश उपासने ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के मूल में गांधीजी के विचार ही हैं उन्होंने कहा कि गांधी को समझना है तो उनको समग्र में देखने की जरूरत है वेबिनार को संबोधित करते हुए राज्य सभा टीवी के पूर्व कार्यकारी निदेशक और वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल ने कहा कि आज हमारे सामने जितनी भी समस्याएं है उनका हल कहीं ना कहीं गांधीजी के विचारों में हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी और भारत की आजादी की लड़ाई में उनके योगदान का उल्लेख किया